राज्यपाल समीक्षा बैठक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तेंद्रपत्ता संग्राहक परिवारों को बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं राज्यपाल ने आज राजभवन में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर तेंद्रपत्ता संग्राहकों की बीमा योजना छात्रवृत्ति योजना के साथ ही बोनस राशि वितरण आदि कार्यों की समीक्षा की राज्यपाल ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को अभी किसी बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्होंने कहा कि इन परिवारों को बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाए साथ ही तेंद्रपत्ता संग्रहण की लंबित प्रोत्साहन राशि का वितरण भी जल्द करने के निर्देश राज्यपाल ने दिए हैं फसल बीमा योजना प्रदेश में अब किसान स्व प्रमाणित बोआई पत्र देकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे इसके तहत प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा बाढ़ ओलावृष्टि कीट व्याधि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को राहत मिल सकेगी राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि पंद्रह जुलाई है वहीं नारायणपुर जिले में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कॉमन सर्विस केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है यह काम एक जुलाई से शुरू हो चुका है पंचायत सचिव समीक्षा राज्य सरकार ने धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण का काम पंद्रह जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं आज पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की उन्होंने प्रदेश की सभी सात सौ चार नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने को भी कहा है उन्होंने कहा कि इन भवनों का लोकार्पण गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को किया जाएगा

इस दौरान सभी जिलों के शासकीय स्कूलों आंगनबाड़ी केन्द्रों और छात्रावास आश्रमों में मुनगा के पौधे लगाए गए बस्तर जिले के बकावंड कन्या स्कूल में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और विधायक रेखचंद जैन ने कालीपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र में मुनगा के पौधे का रोपण किया इस मौके पर ग्रामीणों को फलदार पौधे का वितरण भी किया गया वहीं सांसद दीपक बैज द्वारा लामड़ागुड़ा के स्कूल और कस्तूरबा आश्रम में मुनगा के पौधे लगाए गए इधर कबीरधाम जिले में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में जिले के सभी स्कूल आश्रम छात्रावास आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केन्द्रों के आसपास खाली जमीन पर पचास हजार से अधिक मुनगा के पौधे लगाए गए वहीं प्रदेश के अन्य जिलों से भी मुनगा के पौधे लगाए जाने के समाचार मिले हैं गौरतलब है कि आयुर्वेद में मुनगा को पौष्टिकता और विटामिन से भरपूर बताया गया है इसमें आयरन मैग्नीशियम पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर स्थित निवास परिसर में रूद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया वहीं परिसर में मुनगा आम नीम और अन्य प्रजातियों के पौधों का भी रोपण किया गया इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि स्वच्छ वातावरण शुद्ध हवा और हरा भरा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने जीवनकाल में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए कृषि आयुक्त अवलोकन प्रदेश की कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने महासमुंद जिले के वन औषधि रोपणी केन्द्र का अवलोकन किया इस अवसर पर उन्होंने गोबर इकट्ठा किए जाने से लेकर वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार होने तक की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली इसके बाद डॉक्टर गीता ने गोड़बहाल गांव में संचालित दुग्ध सहकारी समिति का अवलोकन किया समिति के अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि इस केन्द्र में आसपास की पांच समितियों के द्वारा तीन हजार दो सौ पचास लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित किया जाता है साथ ही वर्तमान में दो हजार लीटर क्षमता का दुग्ध शीतक केन्द्र भी स्थापित किया गया है कोरोना मरीज प्रदेश में आज चौंसठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें से चौदह मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं इसके साथ ही रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या चार सौ इकतालीस पहुंच गई है इनमें से दो सौ सत्ताईस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है वहीं दो सौ बारह मरीजों का इलाज चल रहा है इधर बस्तर जिले में आज सत्रह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें सोलह प्रवासी मजदूर हैं जो क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे वहीं एक मरीज स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है इसके अलावा राजनांदगांव जिले में अट्ठारह बेमेतरा और रायगढ़ जिले में दो दो कोरोना मरीजों की पुष्टि हई है वहीं अन्य जिलों से ग्यारह मरीजों के मिलने की खबर है कोरोना बिलासपुर इस बीच बिलासपुर के केंद्रीय जेल में बंद दुष्कर्म का एक आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया है जिसके बाद सिविल लाइन थाने को सील कर दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि सिविल लाइन थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार किया था जिसके बाद उसे बिलासपुर लाया गया बाद में न्यायालय के आदेश पर आरोपी को केंद्रीय कारागार बिलासपुर भेज दिया गया था जहां आरोपी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई जिसके बाद एहतियातन सिविल लाइन थाने को सील कर दिया गया है वहीं आरोपी के संपर्क में आए सभी बंदियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं इस बीच लोक निर्माण विभाग का एक ठेकेदार भी कोरोना संक्रमित पाया गया है जिसके बाद विभाग के एक कार्यालय को सील कर दिया गया है वहीं ठेकेदार के संपर्क में आए लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है सीएम पीएम पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जिम संचालन की सशर्त अनुमति देने का आग्रह किया है अपने पत्र में श्री बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद चरणबद्व रूप से आर्थिक गतिविधियों में छूट दी जा रही है इस कड़ी में रेस्टोरेंट होटल सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति एसओपी के पालन की शर्त पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है लेकिन जिम संचालन के लिए अनुमति नहीं मिलने से इसके संचालककर्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि जिम संचालन के लिए भी सशर्त अनुमति प्रदान की जाए

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और उपराष्ट्रपति ने कहा कि महान देशभक्त और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरक्षित रखने और भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक प्रयास किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है उन्होंने कहा कि उनके विचारों और आदर्शो से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्वांजलि अर्पित की है इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्वप्न अब धीरे धीरे साकार हो रहा है श्री साय ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का विश्वास था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्वांजलि देना होगा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

इस दौरान सुरक्षा बलों ने बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोरसागुड़ा के जंगलों में घेराबंदी कर तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया बताया जाता है कि ये माओवादी सलवा जुडूम के दौरान ग्रामीणों की हत्या में शामिल थे इधर दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने छह बम बरामद किए हैं मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे इस दौरान मारजूम थाना के अंतर्गत कलेपाल गांव के पास सुरक्षा बलों ने माओवादी शिविर पर धावा बोला सुरक्षा बलों को आता देख माओवादी शिविर छोड़कर भाग निकले जिसके बाद जवानों ने मौके से पांच किलो वजन के तीन नग बम और पिट्ठू बरामद किया इसके अलावा कलेपाल के जंगलों से भी सुरक्षा बलों ने तीन नग टिफिन बम बरामद किए हैं इस बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के दो जवान घायल हो गए हैं घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इसमें अधिवक्ता और पक्षकार ऑनलाइन तरीके से पीठासीन अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखेंगे लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल वाद मोटर दुर्घटना दावा पारिवारिक और आपराधिक मामले के अलावा राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया जाएगा ई लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का निराकरण और पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते बीते दो राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन निरस्त कर दिया गया था भाजयुमो प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ता सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज दुर्ग में प्रदर्शन किया इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो के पदाधिकारियों ने आरक्षक और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने की मांग की रोजगार परामर्श जांजगीर चांपा जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इसके तहत लाईवलीहुड कॉलेज में रोजगार परामर्श कार्यक्रम की शुरूआत की गई है जो प्रत्येक सोमवार को आयोजित हो रहा है इस आयोजन में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए जानकारी दी जाती है इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर उनके हुनर के हिसाब से रोजगार देना है इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के अधिकारी भी रोजगार परामर्श कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे हैं साथ ही मजदुरों को विभिन्न रोजगार की जानकारी भी दे रहे हैं गौरतलब है कि जिले में करीब एक लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं राजनांदगांव सड़क निर्माण राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित मानपुर इलाके में महिलाओं ने संकल्प लेकर अपने गांव तक जाने वाली पगडंडी को सड़क में बदल दिया है खुरसेकला गांव की इन महिलाओं ने अपने सामूहिक प्रयासों से लगभग चार किलोमीटर के उबड़ खाबड़ पगडंडी वाले रास्ते को कच्ची सड़क में तब्दील कर दिया है इसका परिणाम यह हुआ कि जिस गांव तक पहले एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती थी वहां अब एंबुलेंस पहुंचने लगी है और ग्रामीणों की परेशानियां काफी हद तक कम हई है महिलाएं डूबी नारायणपुर जिले में नदी पार करते समय तीन महिलाओं के बहने की खबर मिली है इनमें से एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है मिली जानकारी के मुताबिक धनोरा थाना क्षेत्र के झारागांव की तीन महिलाएं बीती शाम माडिन नदी पार कर रही थी इस दौरान अचानक पानी का बहाव तेज होने से ये तीनों महिलाएं नदी में बह गई इस बीच गोताखोरों ने महिलाओं को बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव के कारण वे सफल नहीं हो सके बाद में गोताखोरों ने एक महिला का शव बरामद कर लिया वहीं दो अन्य महिलाओं की तलाश जारी है आंदोलन चेतावनी अंबिकापुर जिला अस्पताल में चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करने के दोषी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने से चिकित्सकों ने आंदोलन करने और कल से ओपीडी तथा आपातकालीन सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है इस संबंध में जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है गौरतलब है कि बीती तीन जुलाई को अंबिकापुर जिला अस्पताल में कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से दो डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ ही मारपीट की गई थी इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दोषी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं सावन सोमवार आज सावन महीने का पहला सोमवार है इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्रद्वालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर पुजा अर्चना की राजधानी रायपुर के महादेवघाट स्थित हटकेश्वर मंदिर में श्रद्वालुओं ने निश्चित दूरी बनाकर पूजा और जलाभिषेक किया वहीं दुर्ग जिले के देवबलौदा मंदिर और पावर हाउस स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में भी लोगों ने बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की कोरोना वायरस के चलते श्रद्वालुओं और मंदिर प्रबंधन द्वारा संक्रमण से बचाव के सभी उपाय अपनाए जा रहे हैं मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के दक्षिण पूर्व और उसके आसपास निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं वहीं उत्तरी और दक्षिणी भाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है

इन हॉस्पिटलों को सात दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं

इसी जिले के बाराद्वार में ट्रेलर की ठोकर से दोपहिया सवार एक युवक की मौत हो गई वहीं एक महिला घायल हो गई है